मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनभागीदारी से राज्य सरकार इस अभियान को सफल बनाएगी श्री गहलोत ने कल जयपुर में अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक ली उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों को इस अभियान की तैयारी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान की आयोजना और देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएं राज्यस्तरीय समिति अभियान के लिए वित्तीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी सुझाव देगी उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियां साझा कर उन्हें इस अभियान का एम्बेसडर बनाया जाए उन्होंने अभियान के लिए सामान्य भाषा में प्रचार साम्रगी तैयार करने और उसे वितरित करने के लिए कहा श्री गहलोत ने इसके लिए अलग वेबसाइट तैयार करने की भी बात कही उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े प्रावधान वाला कानून जल्द ही लागू किया जाएगा उन्होंने जालोर प्रतापगढ़ और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए फिर से कोन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी महेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया है पेशे से ट्रक चालक महेन्द्र को अलीगढ़ और उनियारा के जंगलों से पुलिस ने गिरफ्तार किया पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधु ने बताया कि आरोपी ने नशे में इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है उन्होंने बताया कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जायेगा इधर संसद के दोनों सदनों में कल हैदराबाद में सामूहिक द्वष्कर्म के बाद पश् चिकित्सक की हत्या के जघन्य मामले की कड़ी निन्दा की गई और सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने घटना की निन्दा करते हुए महिलाओं के प्रति अपराध के लिए दोषियों को कड़ी सजा देने कानून और पुलिस व्यवस्था में बदलाव की मांग की

राज्यपाल कलराज मिश्र आज अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे इसमें राज्यपाल लोगों को संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन करायेंगे गौरतलब है कि कल ही राज्यपाल ने कहा था कि विश्वविद्यालयों में होने वाले विभिन्न समारोहों में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन कराया जाना चाहिए